पांच राफेल जेट लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में होंगे शामिल

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आज

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल जयपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव में विधानसभा का सत्र आहृत करने पर राज्यपाल के तीन बिंदुओं के परामर्श के प्रति उत्तर शामिल किए गए हैं

उधर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी के छह विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है और उनकी पार्टी इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी एक अन्य घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी याचिका खारिज करने पर कल उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है

एक सीट वाले तीन और दो सीट वाले दो विमानों के इस बेड़े को हरियाणा के अंबाला वायुसेना केन्द्र में भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा फ़ांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट द्वारा निर्मित फाइटर जेटों ने सोमवार को दक्षिणी फांस के बोर्डो में मेरिग्नैक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी थी इन विमानों के शामिल होने से भारत का सुरक्षा तंत्र और मजबूत होगा

प्रौद्योगिकी के जरिये वित्तीय सशक्तिकरण ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्युदर भी घटकर एक दशमलव छह आठ रह गई है आने वाले दिनों में मृत्युदर घटाने और रिकवरी दर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के प्रसार में बढ़ोतरी हुई है उन जिलों के कलेक्टर्स को क्षेत्र के अनुसार स्थानीय लॉकडाउन लगाने के भी आदेश दिए जा चुके हैं अलवर और जोधपुर सहित क्छ जिलों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में गति लाई जा रही है

इस योजना में राजस्थान असम का साझेदार राज्य है वेबिनार में दोनों राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाते हए सांस्कृति और आर्थिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई इस अवसर पर राजस्थान में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेश प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार और सिद्धांतों पर प्रस्तुति दी